पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास तो कोई नेता है और ना ही कोई कार्यकम और रणनीति है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास एक दृष्टि हैजूनुन है और देश के विकास की परिकल्पना है

देश के अलग अलग राज्यों में बीस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्थापित किर्य जा रहे है इंडिया पोस्ट पैभेंट बैंक के साथ ही करीब डेढ़ लाख बैंक शाखाएं देश में खुल गयी है क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से भोपाल में सुशासन पर कल से दो दिवसीय एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा

यह सम्मेलन आकांक्षी जिलों पर केंद्रित है

इनमें आईसीटी समर्थित शिक्षा कृषि लोक सेवा तथा शिकायत प्रबंधन और सुशासन विषय सम्मिलित हैं

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव केवी ईपेनऔर मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे

यह सम्मेलन प्रतिभागियों को नागरिक केन्द्रित शासन ई गवर्नेंस द्वारा पारदर्शिता जवाबदेही और लोकानुकूल प्रभावी प्रशासन के माध्यम से उन्नत लोक सेवा प्रदायगी की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करेगा

इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों का आचरण और व्यवहार ऐसा होना चाहिये जिससे विद्यार्थी के मन में श्रद्वाभाव उत्पन्न हो उन्होंने कहा कि समय के साथ शिक्षकों को बदलते रहना चाहिये समय के साथ नही बदलने वाले धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देते है बैठक सीहोर में कलेक्टर तरूण कुमार पिथोडे ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य गंभीरता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी

वित्तीय सहायता प्रदेश में बीडीचूना पत्थर और डोलामाईटलौह मैगनीज अयस्क खदान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों से चालू शैक्षणिक वर्ष के लिये वित्तीय सहायता योजना में गणवेश और छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है कक्षा एक से दस तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिये आवेदन की आखिरी तारीख तीस सितम्बर निर्धारित की गयी है

इसके अलावा उन्होंने कई कार्यो का शिलान्यास भी किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संबल योजना में पांच एकड़ भूमि तक के किसानों और छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जायेगा सुझाव प्रदेश के विकास और प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के हित संरक्षण के लिये प्रवासी भारतीय विभाग का गठन किया गया है विभाग द्वारा प्रवासी भारतीयों से जोड़ने के लिये फेंडस ऑफ एमपी पोर्टल तैयार किया गया है

इसके लिये पोर्टल पर प्रावधान किया गया है विदेशों में विभिन्न र्क्षत्रों में विशेषज्ञों से सुझाव लेने के लिये फेंडस ऑफ एमपी डाट जीओवी डॉट इन पर टेलेंट पूल टैब बनाया गया है पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और पंजीकृत सदस्यों और चेप्टर का डाटाबेस बनाये जाने के लिये भी बेवसाइट पर प्रावधान किया गया है महिला हॉकी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल मैदान पर कल से राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी कप टूर्नामेन्ट आयोजित किया जायेगा

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कल शाम दूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगी

मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन ग्वालियर चंबल संभागों में अनेक स्थानों पर और इंदौर धार झाबुआ राजगढ विदिशा रायसेन सागर दमोह अनूपपुर और शहडोल जिलों में कही कही बारिश हो सकती है वहीं राजधानी भोपाल में बादल छाये रहेंगे शहर में हल्की बारिश होने की संभावना है

शिवपुरी जिले के पोहरी में राजस्थान की सीमा से लगे क्षेत्र के कूनो नदी पर तीन महीने पहले बने पूर्ल का एक बड़ा हिस्सा बाढ के पानी में बह गया जिससे जिले का राजस्थान से संपर्क दूट गया है

सर्वाधिक वर्षा उमरिया में और सबसे कम अलीराजपुर में दर्ज की गई है

इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित जानकारियां दी जा रही है